चार दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए रणनीति तय करना है

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जा रहा है जिससे बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के तेजी से अनुसंधान के लिए सरकार ने हर जिले में पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए हैं साथ ही विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है

इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हई है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी महिला शक्ति निधि के रूप में एक हजार करोड़ रूपए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए दिए हैं जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकेंगी

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित मानचित्र में समुचे देश की बंजर भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है बंजर भूमि के विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल में इस मानचित्र से मदद मिलेगी

जिले के बयाना पहाड़ी नगर रूपवास कामां और जुरहरा क्षेत्र में संचालित इन प्लांट्स से बढते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं आदेश के तहत ईंट भट्टों को भी बंद करने की हिदायत दी गई है

यह उत्सव नये शिक्षा सत्र से चयनित शिक्षण संस्थाओं में होंगे इस संबंध में स्कूल शिक्षा के आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव प्रदीप कुमार बोरड़ ने आदेश जारी किए हैं इन समारोहों में प्रतिभावान छात्रों को प्रस्कृत किया जाएगा इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से समग्र शिक्षा के तहत राज्यस्तरीय योजना बनाई गई है

यह छापेमारी आन्ध्रप्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली गुजरात हरियाणा कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना और उत्तराखंड में की गई

नमांकान भरने का आखिरी दिन होने के कारण प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की काफी भीड़ रही

बांसवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए

उधर प्रतापगढ जिले में कैदियों के कल्याण के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

इस मौके पर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई

नामांतरण खोलने की एवज में यह रिश्वत मांगी गयी थी

दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है